सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कीरतपुर नागचला फोरलेन निर्माण जल्द कराने का केन्द्र से किया आग्रह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से शुरू हुई विजय मशाल यात्रा का मंडी पहुंचने पर भव्य स्वागत

वन महोत्सव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पौधरोपण को जनआंदोलन बनाने की ज़रूरत बताई है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत औषधीय चौड़ी पत्ती वाले और फलदार पौधे रोपित किए जाएंगे

जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यापक पौधरोपण पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसमें साझा प्रयासों की ज़रूरत है जयराम ठाक्र ने वन अधिकारियों को विभाग के विश्राम गृहों के बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए ताकि इको पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके उन्होंने अनार का पौधा लगाया और वन्य प्राणी विंग की पुस्तक का विमोचन किया

बाद में उन्होंने मंडी व कुल्लू ज़िलों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन वितरित करने के कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे लाहौल किसान कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पीति के कारगा में एक सप्ताह में अस्थाई सब्जी मंडी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं ताकि किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिल सके

मारकंडा ने कहा कि घाटी में सब्जी मंडी न होने से बाहरी आढ़ती व व्यापारी किसानों का शोषण कर रहे हैं

आज लोकसभा में इस संबंध में मुददा उठाते हुए उन्होंने कहा कि फोरलेन निर्माण में लगी कम्पनियों ने ग्णवत्ता का ध्यान नहीं रखा जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि फोनलेन निर्माण का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है और कई स्थानों पर भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन्होंने कहा कि भू अधिग्रहण के बाद भी लोगों को पैसों का भुगतान न होने से भी निर्माण कार्य बाधित हो रहा है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि फोरलेन निर्माण कार्य में देरी से हिमाचल के पर्यटन पर ब्रा असर पड़ रहा है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने वर्तमान परिवेश में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने पर बल दिया है आज शिमला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा को रोज़गारपरक बनाने के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है ताकि युवाओं में बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाई जा सके

कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने उद्योगपतियों से एमओयू पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है ताकि लोगों को वस्तुस्थिति के बारे में पता चल सके आज शिमला में पार्टी कार्यालय राजीव भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गुजरात उद्योगपतियों से मिलने जा रहे हैं और वहां समझौता ज्ञापनों में हस्ताक्षर करने से कई सवाल खड़े होते हैं राठौर ने कहा कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नए राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगी उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सोनभद्र जाने से रोकने की कड़ी निंदा की है

इस अवसर पर उन्होंने कारगिल के वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की जयराम ठाक्र ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के शुरवीरों की शौर्य गाथा को याद करने का ये एक विशेष अवसर है उन्होंने कहा कि ऑपरेशन विजय में देश के चार वीर सैनिकों को परमवीर चक प्राप्त हुए हैं जिनमें दो हिमाचल के वीर सपूत शामिल हैं

जयराम इस बीच मुख्यमंत्री ने मंडी में हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी परिसर का शुभारंभ कर यहां स्थापित छाया चित्रों का अवलोकन भी किया

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में जलशक्ति अभियान को सिरमौर ज़िले में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हई एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी

बिंदल ने कहा कि जल संरक्षण समय की जरूरत बन गई है और कम होते भूजल स्तर की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार करनी होगी वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण को बंद करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को अपने अधिकार हासिल करने के लिए प्रदेश उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा जहां अधिक कार्य होने की वजह से मामलों को निपटाने में काफी समय लगेगा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने विद्यार्थियों को जीवन में सकारात्मक कार्य अपनाने के अलावा नशे की प्रवृति से दूर रहने का आहवान किया है

प्रतियोगिता में वॉलीबॉल कबड्डी खो खो बैडमिंटन और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए गए उद्योग मंत्रालय केन्द्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय से संबद्ध इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल के क्षेत्रीय निदेशक राकेश सूरज ने कहा है कि केन्द्र से मिलने वाले वित्तीय लाभों से हिमाचल के उद्योगपतियों को जानकारी नहीं है

राकेश सूरज ने कहा कि उनकी संस्था उद्योगों को आयात और निर्यात में मदद करती है और उद्योगपतियों को जागरूक करने के साथ ही प्रदर्शननियां भी लगाई जा रही हैं राकेश सूरज ने कहा कि निर्यात में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हर साल इंजीनियरिंग उत्कृष्ठता पुरस्कार दिए जाते हैं और इसी कड़ी में कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये पुरस्कार वितरित करेंगे भेंट भाजपा नेता राजेश कश्यप की अध्यक्षता में औद्योगिक शिक्षण संस्थान धर्मपुर के अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा सहित अन्य लोगों ने साधुपुल में विनाशकारी आपदा से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री से मदद का आग्रह किया है उन्होंने मुख्यमंत्री के सलाहकार महेन्द्र धर्माणी के माध्यम से मुख्यमंत्री को इस संबंध में एक ज्ञापन दिया है